केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढाई के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई तथा राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षानीट को साल में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जेईई मेन नीट एनईटी जैसी परीक्षाएं दो हजार उन्नीस से एक साल में दो बार आयोजित की जाएंगी जेईई मेन परीक्षा का आयोजन जनवरी और अप्रैल में किया जाएगा जबकि नीट परीक्षा का आयोजन फरवरी और मई में होगा उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं अब नव गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए लेगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्र परीक्षा में एक साल में दोनों बार बैठ सकेंगे और दोनों में से ज्यादा अंकों के आधार पर नामांकन होगा परीक्षा अब चार से पांच दिन तक आयोजित की जाएगी उन्होंने कहा कि यह परीक्षा ज्यादा सुरक्षित होगी और सुरक्षा मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे राज्य में ग्राम पंचायतों के खाली पदों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मत डाले जा रहे हैं मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ है जो शाम पांच बजे तक चलेगा जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तीन बजे तक ही मत डाले जा सकेंगे जिन प्रखण्डों में सिर्फ वार्ड सदस्य और पंच पद के लिये मतदान हो रहा है वहां मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी जबकि अन्य पदों के लिये दस जुलाई को मतों की गिनती की जायेगी उधर सीतामढी जिले के तेरह प्रखंड में पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान कडी सुरझा व्यवस्था के बीच चल रहा है विधि आयोग लोकसभा और विधानसभा चूनाव एक साथ कराने की संभावना पर राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ आज दूसरे दिन भी विचार विमर्श करेगा दो दिन की यह परामर्श बैठक कल नई दिल्ली में शुरू हुई है बैठक में आयोग ने सात राष्ट्रीय दलों और उनसठ राज्य स्तरीय दलों को आमंत्रित किया है आयोग ने एक साथ चुनाव संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर एक मसौदा पत्र भी तैयार किया है और राजनीतिक दलों संविधान विशेषज्ञों नौकरशाहों शिक्षाविदों और आम लोगों सहित सभी पक्षों से इस पर राय मांगी है इसके बाद तैयार रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कोसी गंडक ब्रूढ़ी गंडक कमलाबलान महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण मुजफ्फरपुर पूर्णियां सुपौल अररिया और सीतामढ़ी जिलों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी बोचहा औराई और कटरा प्रखंडों में बांध के अंदर बसे गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है सुपौल जिले के बौराहा सुकुमारपुर सिसवा दुबियाही और किशनपुर गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है वहीं सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोग ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे हैं पूर्णियां जिले के अमौर प्रखंड में कनकई नदी का पानी कई गांव में प्रवेश कर गया है जिले के शीशाबाड़ी में डायवर्सन पर लगभग एक फीट पानी भर गया है इसके चलते पूर्णियां से किशनगंज का सड़क सम्पर्क बाधित है उधर फारबिसगंज में परमान नदी का पानी कई गांव में घुस गया है सीतामढ़ी जिले के भिट्ठामोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार के डुबरबन्ना डायवर्सन पर पानी आ जाने से यद्रपट्टी भिट्ठामोड़ और नेपाल का सड़क सम्पर्क ट्रट गया है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बक्सर से फरक्का तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में बढ़ा है इसके साथ ही मोतिहारी जिले में चटिया गोपालगंज में डुमरिया घाट और हाजीपुर में गंडक नदी का जलस्तर स्थिर है उधर कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास है लेकिन बसुआ बलतारा और कुरसेला में इसका जलस्तर बढ़ रहा है घाघरा नदी का जलस्तर दरौली में औसत से अधिक हो गया है जबकि गंगपुर सिसवन और छपरा में बढ़ रहा है मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि उत्तर और पूर्वी बिहार में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बन रही है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सक्रिय है इससे पूर्णिया में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश होने की आशंका है जमुई जिले में अपर समाहर्ता के पेशकार को पुलिस ने पांच सौ रूपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है वहीं पूर्वी चंपारण जिले में आवास योजना में घूस लेने के आरोप में बगहा प्रखण्ड एक के महिपूर भतौड़ा पंचायत के आवास सहायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उधर कैमूर जिले में दुर्गावती थानाध्यक्ष को एसपी ने एक मामले में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है पश्चिम चम्पारण जिले के पचास हजार रूपये इनामी एक अपराधी को स्पेशल टॉस्क फोर्स एसटीएफ की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है पुलिस उपाधीक्षक सदर पंकज रावत ने बताया कि पटना एसटीएफ से बेतिया पुलिस पूछताछ के लिए जल्द ही उसे रिमांड पर लेगी नवादा जिले की दो अदालत ने विभिन्न आरोपों में तीन लोगों को सजा सुनाई गई पहले मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त को दस वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी वहीं दूसरे मामले में दहेज हत्या के आरोप में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पंचम ने पति और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है मुख्यमंत्री आवास में गलत तरीके से एक आरक्षी उपाधीक्षक डीएसपी के प्रवेश कर जाने के मामले में एसएसजी के चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है इसके साथ ही वहां तैनात एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी से जवाब तलब किया गया है एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच अधिकारियों ने शुरू कर दी है जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी बेगूसराय जिले में पुलिस ने मानव व्यापार के लिये ले जाये जा रहे चौबीस बच्चों को बरामद कर लिया मौके से दो महिलाओं समेत तीन मानव तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया पटना जिला सिनीयर डिवीजन फुटबॉल लीग मुकाबले में राज मिल्क की टीम ने इलेवन स्टार मोकामा को चार शून्य से पराजित कर दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में जीएसी ने मूनलाइट फुटबॉल क्लब को तीन शून्य से हरा दिया नालंदा जिले के युवा खिलाड़ी आकाश राज का नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए के अंडर नाईटीन कैम्प के लिये चयन किया गया है आकाश बेंगलुरू में तीस जुलाई से तीस अगस्त तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे पटना में संपन्न अंडर इलेवन शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग में देवराज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि बालिका वर्ग में अदिबाउल्लाह ने खिताब पर कब्जा जमाया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प को प्रमुखता देते हुये शीर्षक दिया है दो साल में पांच करोड़ लोग गरीबी से मुक्त दैनिक जागरण की बड़ी खबर है अब साल में होगी दो बार नीट जेईई मेंस सीबीएसई की बजाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी आयोजित प्रभात खबर ने जदयू की बैठक पर खबर बनाते हुये लिखा है राजनीतिक हालात सहित बिहार को विशेष दर्जे की मांग पर चर्चा दैनिक भास्कर ने मोतिहारी जिले में महिला पर तेजाब फेकने की घटना को अपनी सुर्खी बनाते हुये शीर्षक दिया है प्यार जताया रिश्ता बनाया प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाया तो चेहरे पर तेजाब फेंका